भोपाल के नर्मदा भवन में आयोजित इस बैठक में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और चुनाव प्रबन्धन के मसलों पर बातचीत हुई बैठक के दौरान विभिन्न जिलों के कलेक्टर ने अपनी तैयारियों को लेकर प्रस्तुतिकरण भी दिये इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त श्री रावत ने टीकमगढ़ में एक पूर्व मंत्री का मतदाता सूची से नाम कट जाने को लेकर कलेक्टर से पूछताछ की

उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे जिलों में सस्त्र लायसेंस धारियों पर नजर रखें और गैर जमानती वारंटियों पर सख्त कार्यवाही करें मुख्य चुनाव आयुक्त की दोपहर बाद शाम को तीन बजे से नोडल अधिकारियों के साथ और चार बजे से राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी बैठक होगी गौरतलब है कि चुनाव आयोग का उच्च स्तरीय दल दो दिन के मध्यप्रदेश दौरे पर है दल में चुनाव आयुक्त सुनील अरोडा और अशोक लवासा भी शामिल हैं कमलनाथ मीडिया प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस अस्सी सीटों पर उम्मीद्वारों के नामों का एलान जल्द ही कर देगी भोपाल में पत्रकारों से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा कि हमारी प्राथमिकता हारी हुई सीटों पर उम्मीद्वार पहले घोषित करने की है गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सब को साथ लेकर चल रहे हैं वहीं आज महाराष्ट्र सरकार की तरह मध्यप्रदेश में भी गांव के पटेलों को मानदेय देने की मांग को लेकर गांव पटेलों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कमलनाथ से मुलाकात की लोकायुक्त छापा विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त ने आज अशोकनगर में सरकारी समिति प्रबन्धक दीवान सिंह यादव और उनके भाई सेल्समेन चन्द्रभान सिंह यादव के यहां अनुपातहीन सम्पत्ति होने की जानकारी होने पर छापा मारा छापे के दौरान लोकायुक्त पुलिस को आरोपियों के पास करोड़ो की सम्पत्ति होने का पता चला है एक अन्य जानकारी में लोकायुक्त पुलिस ने नीमच जिले के रामपुरा वन परिक्षेत्र के रेंजर जगदीश चौधरी के तीन ठिकानों पर छापा मारा इस दौरान आय से अधिक सम्पत्ति और महत्वपूर्ण दस्तावेज होने का पता चला है एयरपोर्ट बैठक इन्दौर के देवी अहिल्या विमानतल के विस्तार और यात्री सुविधायें बढ़ाने को लेकर कल इन्दौर में एक बैठक हुई लोकसभा अध्यक्ष और इन्दौर की सांसद श्रीमती सुमित्रा महाजन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में बताया गया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिये लगभग बीस एकड जमीन राज्य सरकार से प्राप्त की जाना है श्रीमती महाजन ने कहा कि इन्दौर एयरपोर्ट में उड़ानों की संख्या लगातार बढ़ रही है इसलिये रनवे के आखरी छोर पर स्टेण्ड बॉय पार्किंग बनाई जानी चाहिये बैठक में देवी अहिल्या एयरपोर्ट की डायरेक्टर अर्यमा सन्याल स्थानीय विधायक सुदर्शन गुप्ता सहित अन्य सदस्य मौजूद थे मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश का दौर जारी है जबलपुर में हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया मण्डला नरसिंहपुर उमरिया जिलों में तेज बारिश हो रही है इससे शहर की निचली बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भरने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है नदी नाले उफान पर होने के कारण जबलपुर और नरसिंहपुर मार्ग बंद हो गया है नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले दो दिन से हो रही बारिश से जिले भर के कई नदी नाले उफान पर है लगातार हो रही तेज बारिश से बरगी बांध का जलस्तर बड़ रहा है बांध के पानी को नियन्त्रित करने के लिये आज सात गेट खोले जाने की सम्मावना है मौसम केन्द्र के अनुसार अभी दो दिन ऐसे ही बारिश होने की संभावना है

मुख्यमंत्री ने यहा आमजन को सम्बोधित किया

कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और मंत्री माया सिंह शामिल हैं

उनकी अध्यक्षता में लोक सूचना और सहायक लोक सूचना अधिकारियों की बैठक होगी